श्री खाण्डु ने कहा कि कर्मचारियों एवं लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य को अपनी संसाधन उत्पन्न करना होगा इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने राज्य में चिकित्सकों की भारी कमी के बारे में जानकारि दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्यभर के हर स्वास्थ्य इकाई में चिकित्सों की भर्ती के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने को सुनिश्चित किया जा सके

राज्यपाल ने प्रशिक्षण केंद्र के वातार्वरण को देखते हुए जगह को प्रशिक्षण के लिए सही बताया उन्होंने नई भर्ती और इन सर्विस पर्सनल को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर उन्हें शारीरिक रुप से कठोर दिमागी रुप से चौकन्ना और मानसिक रुप से आत्मविश्वास योद्धा और व्यावसायिक रुप से मजबूत बनाने पर बल दिया

इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालयों में युवा प्रतिभा की पहचान कर उन्हें शोध और नवाचार के लिए प्रेरित किया जाएगा पांच सौ करोड़ रुपये की इस योजना में उन विषयों पर शोध को बढ़ावा दिया जायेगा जो वैश्विक रुप से महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही स्थानीय जरुरतों को पूरी करें और सामाजिक तौर पर प्रासंगिक हों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्ट्राइड योजना के तहत विभिन्न विषयों पर शोध के जरिए विकास को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा पर्यटन मंत्री नाकाप नालो और अपर सूबनसिरी जिले के विधायकों ने बोपी ताई मार्ग मरम्मत कार्य पर नाराजगी व्यक्त करतेहुए परियोजना एजेंसियों और अधिकारियों से गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य प्ररा करने को कहा है दापोरिजो में विभागीय प्रमुखों की समन्वय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करीब सत्तर प्रतिशत योजना राशि के जारी होने के बावजूद अब तक केवल दस प्रतिशत कार्य पुरा होना चिंता का विषय है उन्होंने परियोजना कार्य निगरानी समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना कार्य किए धन राशि जारी होना गंभीर मामला है और भविष्य में कार्य का भौतिक सत्यापन पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए इस बैठक में दुम्पोरिजो से विधायक रोदे बुइ तालिया विधायक न्यातो रिगिया दापोरिजो विधायक तानिया सोकी भी उपस्थित थे

मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू और भुवैज्ञानिक और खनन विभाग के अधिकारियों के बिच सोमवार को हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में कर्मचारियों की कमी और संबंद्ध विभाग द्वारा राजस्व बढ़ाने पर विचार विमर्श भी किया गया भूवैज्ञानिक और खनन विभाग ने जानकारी दी कि तेरह तेल के कुओ में पेट्रोलियम की खनन के पटटे के लिए वन विभाग से अनुमति मिल गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल के इन कुओं को चलाया जाएगा

स्थानीय विधायक गोकार बासार ने कल बासार में आयोजित एक कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण बस सेवा का श्रभारंभ किया इससे पहले बासार और राजधानी ईटानगर के बीच सीधी बस सेवा नही थी और यात्रियों को अधिक किराया देकर यात्रा करनी पड़ती थी अब वे चार सौ पचास रुपये खर्च कर आसानी से ईटानगर आना जाना कर सकेंगे विधायक गोकार बासार ने कहा कि तिनसुकिया दापोरिजो तिरबिन आलोगुवाहाटी सिलापथार और दारिंग के बीच बस सेवा शुरु करने के लिए और अधिक बसों और कर्मचारियों की जरुरत होगी